लाहौल स्पीति और मनाली लेह मार्ग पर भारी बर्फबारी में फंसे अधिकांश लोग सुरक्षित बाहर निकाले गए राज्य सरकार सभी क्षेत्रों के समान व संतुलित विकास के लिए प्रतिबद्ध

विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर आज शिमला में एक संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने ये जानकारी दी

उन्होंने कहा कि पर्यटन विकास निगम विभिन्न विभागों के साथ मिलकर अपनी परिसम्पत्तियों में इन विभागों के स्वयं सहायता समूहों को अपने उत्पादों को प्रदर्शित करने और बेचने के लिए परोक्ष बाजार सुविधा प्रदान कर रहा है जयराम ठाकुर ने बताया कि दिल्ली स्थित हिमाचल भवन में हिमाचली विद्यार्थियों को दूसरे देशों में जाने के लिए सामान्य दरों पर डोरमैटरी उपलब्ध करवाई जाएगी उन्होंने कहा कि वरिष्ठ नागरिकों को सुविधा प्रदान करने के लिए प्रदेश पर्यटन विकास निगम मंदिर सर्किट के अंतर्गत देवभूमि दर्शन पैकेज लाएगा इस बीच विश्व पर्यटन दिवस पर कुल्लू में पर्यटन विभाग ने भुंतर हवाई अड़डे पर देश विदेश के सैलानियों का पारंपरिक स्वागत किया जिला पर्यटन अधिकारी बीसी नेगी ने बताया कि पर्यटन सुविधाओं के विस्तार के लिए विभाग की ओर से तय कदम उठाए जा रहे हैं बचाव कार्य जनजातीय जिला लाहौल स्पीति और मनाली लेह मार्ग पर भारी बर्फबारी के कारण फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने का कार्य आज तीसरे दिन भी जारी रहा

इन्हें मनाली लेह मार्ग पर स्थित भरतपुर और स्पीति के छोटा दड़ा इलाके से निकाला गया सुरक्षित निकाले गए पर्यटकों ने उनकी मदद करने पर सेना व पुलिस का धन्यवाद किया इसके अलावा हेलिकॉप्टर द्वारा बर्फ में फंसे लोगों के लिए खाने के पैकेट भी उपलब्ध करवाए गए उधर केलंग से हमारे प्रतिनिधि ने बताया कि सीमा सड़क संगठन ने घाटी की सभी अंदरूनी सड़कों को बहाल कर दिया है और रोहतांग दर्रे को बहाल करने का कार्य यूद्ध स्तर पर जारी है

घाटी में फंसे लोगों को छः बसों के जरिए केलंग से कुल्लू लाया गया जबकि बारालाचा पटसेओ और सरचु से हेलिकॉप्टर के माध्यम से पर्यटकों को निकाला गया ग्राम्फू काजा मार्ग पर चंद्रताल बातल व छतरू में फंसे लोगों को छोटा दड़ा से हेलिकॉप्टर द्वारा कुल्लू पहुंचाया गया इसी तरह बर्फ में फंसे अधिकांश लोगों को सुरक्षित निकाल लिया है मारकंडा इस बीच कृषि व जनजातीय विकास मंत्री रामलाल मारकंडा ने कहा है कि लाहौल स्पीति जिले के विभिन्न भागों में बर्फ में फंसे पर्यटकों और स्थानीय लोगों को सुरक्षित निकालने के प्रयास युद्ध स्तर पर जारी है एक ब्यान में उन्होंने कहा कि प्रभावित क्षेत्रों से लोगों को निकालने के लिए सरकार ने चार हेलिकॉप्टर उपलब्ध करवाए हैं जो फंसे हुए लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहंचाने का कार्य कर रहे हैं रामलाल मारकंडा ने कहा कि लाहौल घाटी में बर्फ में फंसे हए लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए राज्य पथ परिवहन निगम की तीन बसें और एक निजी बस लगाई गई है जो सुरंग के नॉर्थ पोर्टल सिस्सु से प्रभावितों को मनाली पहुंचा रही है उन्होंने बताया कि कुल्लू मनाली से लाहौल जाने वाले लोगों को भी ये बस सुविधा मुहैया करवाई जा रही है

रामलाल मारकंडा ने कहा कि हिमपात से प्रभावित क्षेत्रों में खाद्य सामग्री दवाईयां और अन्य जरूरी वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित बनाने के प्रयास भी जारी है कृषि मंत्री पिछले तीन चार दिन से राहत व बचाव कार्य की लगातार निगरानी कर रहे हैं सुरेश भारद्वाज शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा है कि विज्ञान के प्रति बच्चों में रूचि पैदा करने और इस विषय से संबंधित विचारों व जिज्ञासाओं को बढ़ावा देने में विज्ञान मेले की अहम भूमिका है वे आज शिमला के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला पोर्टमोर में आयोजित ज़िला स्तरीय बाल विज्ञान कांग्रेस के समापन अवसर पर बोल रहे थे सुरेश भारद्वाज ने विद्यार्थियों द्वारा जल संग्रहण व जल के सदुपयोग के संबंध में प्रदर्शित मॉडल की सराहना की उन्होंने युवाओं में बढ़ रही नशाखोरी की समस्या पर चिंता जताते हुए इसके निवारण के लिए शिक्षकों के साथ साथ अभिभावकों से भी सहयोग की अपील की वीरेंद्र कंवर प्रदेश सरकार गरीबों के उत्थान व कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है और इस दिशा में लगातार अनेक कदम उठाए जा रहे हैं ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने ऊना जिला के थानाकलां में महिला व बाल विकास विभाग द्वारा चलाए जा रहे पोषण अभियान के तहत आयोजित जागरूकता कार्यक्रम में आज ये बात कही उन्होंने कहा कि बच्चों व महिलाओं में क्पोषण की समस्या को दूर करने और लोगों में व्यापक जागरूकता लाने के लिए सितम्बर माह को पोषण माह के तौर पर मनाया जा रहा है वीरेंद्र कवर ने आंगनबाड़ी व आशा कार्यकर्त्ताओं को पोषण के महत्व के बारे में लोगों को जागरूक करने को कहा मुख्यमंत्री राज्य सरकार प्रदेश के सभी क्षेत्रों के समान व संतुलित विकास के लिए प्रतिबद्ध है और किन्हीं कारणों से उपेक्षित रहे क्षेत्रों के विकास पर विशेष बल दिया जा रहा है मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज शिमला से वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से मंडी ज़िले में सिराज निर्वाचन क्षेत्र के बालीचौकी के लोगों को संबोधित करते हुए ये बात कही

मुख्यमंत्री ने कहा कि सुधाणी थाटा गाड़ाग्सैणी सड़क का निर्माण व सुधार करवाया जाएगा और भारी वर्षा से क्षतिग्रस्त सम्पर्क सड़कों का रखरखाव व मुरम्मत कार्य भी जल्द करवाया जाएगा जयराम ठाकुर ने बालीचौकी में जिमनेजियम के निर्माण व भारतीय स्टेट बैंक की शाखा खोलने और थाची में हैलीपैड के निर्माण की घोषणा भी की

इस दौरान पंचायतीराज संस्थानों के प्रतिनिधियों युवक व महिला मंडलों सहित आम लोगों ने अपनी शिकायतों के संबंध में मुख्यमंत्री के साथ बातचीत की जयराम इस बीच मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज शिमला में अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा महोत्सव के प्रबंधों की राज्यस्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की उन्होंने कहा कि कुल्लू दशहरा प्रदेश के लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण उत्सव है और इसकी सांस्कृतिक विरासत को कायम रखा जाना चाहिए मुख्यमंत्री ने बड़े स्तर पर ग्रामीण खेल गतिविधियों को व्यवस्थित करने और हिमाचली कलाकारों को समुचित अवसर प्रदान करने के निर्देश दिए वन व परिवहन मंत्री गोविंद सिंह ठाकूर विधायक किशोरी लाल सुंदर सिंह सुरेंद्र शौरी और पूर्व सांसद महेश्वर सिंह सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी बैठक में मौजूद रहे अनुराग ठाकुर लोकसभा में मुख्य सचेतक व सांसद अनुराग ठाकुर ने भारी वर्षा और हिमपात से हुए नुकसान से प्रदेश को उबारने का आश्वासन देने पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का आभार जताया है उन्होंने उम्मीद जताई कि प्रदेश में जल्द ही हालात सामान्य हो जाएंगे एक बयान में अनुराग ठाकुर ने कहा कि प्राकृतिक आपदा से हुए भारी नुकसान को देखते हुए उन्होंने केन्द्र सरकार से हिमाचल को हरसंभव सहायता उपलब्ध करवाने का अनुरोध किया था उन्होंने कहा कि प्राकृतिक आपदाओं को देखते हुए केन्द्र सरकार ने प्रदेश में राष्ट्रीय आपदा प्रतिकिया बल बटालियन की मंजूरी दी है जिससे आपदा से निपटने में तेजी आएगी रामस्वरूप सांसद रामस्वरूप शर्मा ने मंडी जिले में सरकाघाट विधानसभा क्षेत्र की चैक पंचायत के देव बाड़ता में आज मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को गैस कनेक्शन वितरित किए

विधायक इंद्र सिंह ने भी इस अवसर पर अपने विचार रखे और क्षेत्र में किए जा रहे विकास कार्यों की जानकारी दी

इस मौके उन्होंने कहा कि प्रदेश साहसिक गतिविधियों विशेष रूप से माऊंटेन बाइकिंग के लिए सबसे उपयुक्त स्थल है और सरकार हिमाचल को माऊंटेन बाइकिंग में नम्बर एक राज्य बनाने के लिए प्रतिबद्व है जयराम ठाकुर ने कार्यक्रम के आयोजन के लिए हिमालयन एडवेंचर स्पोर्ट्स और टूरिज्म प्रमोशन एसोसिएशन के प्रयासों की सराहना की इस अवसर पर शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि माऊंटेन बाइकिंग एक साहसिक खेल है जो युवा पीढ़ी को बेहद पसंद आ रहा है

पावंटा विकास खंड की विभिन्न पंचायतों के लोगों की समस्याएं सुनने के बाद आज उन्होंने ये बात कही

इस बीच राजीव बिंदल ने आज नाहन की कन्या वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला में आयोजित जिला स्तरीय बाल विज्ञान सम्मेलन के समापन समारोह की अध्यक्षता की

इधर स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत शिमला ग्रामीण क्षेत्र के राजकीय विद्यालय खटनोल में एनएसएस कार्यक्रम अधिकारी दिलीप ठाकुर की अगुवाई में स्कूल परिसर में साफ सफाई की गई प्रधानाचार्य राहुल शर्मा ने बताया कि विद्यार्थियों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने के लिए समय समय पर ऐसे आयोजन किए जाते हैं पोषण अभियान राष्ट्रीय पोषण अभियान के तहत किन्नौर ज़िले में कल्पा ब्लॉक के बारंग और द्रनी पंचायत में आज पोषण दिवस आयोजित किया गया भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय व जनजातीय विकास विभाग के निदेशक राजेन्द्र कुमार नेगी ने इसका शुभारंभ किया उन्होंने लोगों को रासायनिक खादों का उपयोग न करने की सलाह देते हुए कहा कि जिले में उत्पादित अनाज फल और सब्जियां पौष्टिकता से भरपूर है

लाहौल स्पीति और मनाली लेह मार्ग पर भारी बर्फबारी में फंसे अधिकांश लोग सुरक्षित बाहर निकाले गए राज्य सरकार सभी क्षेत्रों के समान व संतुलित विकास के लिए प्रतिबद्ध